दस लाख से ज्यादा व्यापारियों को होगा फायदा स्वदेशी प्रणाली से सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने पर काम कर रही है केन्द्र सरकार ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर खानपान मिट्टी के बर्तनों में पूर्वोत्तर रेलवे से होगी शुरुआत

मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल और भोपाल संभागों में गरज चमक के साथ ओले गिरने की आशंका जताई गुमाश्ता प्रदेश के छोटे व्यापारियों को अब गुमाश्ता लायसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना होगा राज्य के श्रममंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि एक बार ग्रमाश्ता पंजीयन लेने के बाद इसके नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है

श्री सिसौदिया ने बताया कि उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे व्यवसाय अवधि में सिर्फ एक बार पंजीयन कराना होगा पंजीयन की विभिन्न श्रेणियों को खत्म कर मात्र दो श्रेणियों तक सीमित किया गया है जिसका शुल्क भी दो सौ से दो सौ पचास रूपये रखा गया है आयुष मंत्री केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि उनका मंत्रालय औषधियों की ऐसी संपूर्ण और स्वदेशी प्रणाली विकसित करने पर काम कर रहा है जिससे लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध हो सकें उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी श्री नाईक आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के आयुष मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि औषधियों की वैकल्पिक प्रणालियां लोकप्रिय चिकित्सा प्रणाली का स्थान लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं यह सम्मेलन आयुष मंत्रालय ने आयोजित किया है इसका लक्ष्य देशभर में आयुष स्वाध्य देखभाल प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच समन्वय बढ़ाना है प्लास्टिकमुक्त रेल ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर अब मिट्टी के बर्तनों में चाय और भोजन दिया जायेगा इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर रेलवे से की जा रही है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी बताया जाता है कि स्टेशनों को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए रेलवे गोरखपुर लखनऊ आगरा और वाराणसी सहित पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनो पर जल्द ही इसकी शुरुआत करने जा रहा है प्लास्टिक और कागजों के बर्तनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाकर इन रेलवे स्टेशनों को नो प्लास्टिक जोन बनाया जायेगा पशुपालन पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा है कि दुग्ध संघ की कार्य प्रणाली में प्रोफेशनलिज्म की झलक दिखनी चाहिये दुग्ध संकलन की मात्रा में वृद्धि हो और ऐसे क्षेत्र जहाँ से पशुपालकों से दुग्ध का संकलन नहीं किया जा रहा है वहाँ से संघ द्वारा नये रूट बनाये जायें और नयी दुग्ध उत्पादक समितियाँ गठित कर द्ग्ध संकलन किया जाये उन्होंने कहा कि ग्वालियर संभाग में द्ग्ध संकलन अपेक्षा से कम है इस पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की जरूरत है श्री यादव आज भोपाल मे मध्यप्रदेश राज्य को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे

श्री सिंह आज छतरपुर कलेक्ट्रेट में नगरीय निकायों के सीएमओ के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे

नृत्य के क्षेत्र में नौ कलाकरों को सम्मानित किया गया जिनमें रामकष्ण तालुकदार और रमा वैद्यनाथ शामिल हैं रंगमंच के क्षेत्र में नौ कलाकरों को सम्मानित किया गया पारम्पारिक लोक और जनजातीय संगीत के क्षेत्र में दस कलाकारों को सम्मानित किया गया विजय वर्मा और संध्या पुरेचा को प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए सम्मानित किया गया पुरस्कार में एक लाख रुपये और प्रशस्तिपत्र दिया जाता है स्वच्छता अभियान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंदौर स्थित फील्ड आऊटरीच ब्यूरो द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत देवास के गणेशप्री में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें घरों से निकलने वाले गीले कचरे से खाद बनाने की विधि के बारे में जानकारी दी गई इस दौरान लोगों की खाद बनाने सम्बंधी शंकाओं का समाधान भी किया गया साई चयन धार मे स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के सेंटर में प्रवेश के लिए दो दिवसीय सिलेक्शन टेस्ट चल रहा है इसमें भाग लेने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी अपने पालकों के साथ पहुँचे है पहले दिन मंगलवार को खिलाड़ियों की स्किल और फिटनेस देखी गई वही दूसरे दिन आज सम्बंधित खेल की शैली देखी गई धार खेल प्राधिकरण केंद्र प्रभारी श्वेतांग वर्मा ने बताया कि कराटे बैडमिंटन आर्चरी एथेलीटिक्स फूटबॉल और ताईक्वांडो का ट्रायल रखा गया था जिसमें देश भर से आये खिलाड़ी शामिल हुए मौसम अरब सागर में उठे पश्चिमी विक्षोभ के रुख बदलने और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी कम होने के बाद देश के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर दिनो दिन कम होता जा रहा है देश के उत्तरी क्षेत्रों से सटे मध्यप्रदेश के विंध्य और चम्बल संभागों में भी सर्दी का प्रभाव काफी कम हो गया है दूसरी ओर राज्य के शेष हिस्सों में दिनभर धूप खिलने नमी में कमी आने से लोगों को यह अहसास होने लगा है कि सर्दी का मौसम बीतने वाला है और कुछ ही हफ्तों में गर्मी की दस्तक होने लगेगी अभी राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम हल्की सर्दी जिसे आमजन गुलाबी सर्दी के नाम से भी जानता है पड़ रही है

वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस मण्डला और छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया ग्वालियर संभाग में कहीं कहीं आज हल्की बारिश हुई मौसम विभाग ने आने वाले चौबीस घंटों में ग्वालियर चंबल भोपाल संभागों तथा रतलाम नीमच और मंदसौर जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ ओले गिरने की आशंका व्यक्त की है

राजगढ़ जिले की नगर परिषद छापीहेड़ा को कुण्डालिया समूह जल प्रदाय योजना से पानी उपलब्ध करायो जायेगा

शव की गर्दन और चारो पंजे गायब है जिससे वन विभाग ने शिकार की आशंका जताई है